उन्होंने लोकतंत्र जनसांख्यिकी और बौद्धिक क्षमता को देश की सशक्त पूंजी बताया अमरीका भारत कार्यनीतिक साझेदारी फोरम के सदस्यों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है उन्होंने कारोबार आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी श्रम सुधार और भारतीय युवाओं की उद्यमिता जोखिम क्षमता बढाने जैसे सरकार के उपायों की चर्चा भी की

नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सार्थक और विस्तार से चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव सशक्तिकरण के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को उनकी उंपलब्धियों पर गर्व है उर्जामंत्री अपील उर्जामंत्री प्रियद्वत सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि दीपावली के पर्व पर विद्युत लाईन के आसपास आतिशबाजी नहीं करें उन्होंने कहा है कि पटाखें सुरक्षित स्थान पर फोड़े पटाखा व्यवसायी बिजली लाईन और टांसफार्मर के आसपास दुकान नहीं लगाये विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि घरों में प्रकाशीय साज सज्जा बिजली कनेक्शन में स्वीकृत भार के अनुसार ही करें व्यवसायी नियमानुसार अस्थायी दुकानों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें कंपनी ने मैदानी अमर्ले और सतर्कता विंग को सघन जांच अभियान चलाकर बिजली चोरी पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं बैंक हड़ताल प्रदेश में भी सार्वजनिक और नीजि क्षेत्र के ज्यादातर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आंशिक असर दिखाई दे रहा है हड़ताल की वजह से भोपाल इंदौर जबलप्र और ग्वालियर सहित कई जिलों के बैंकों में नगद लेनदेन प्रभावित हुआ

इसमें पांच हज़ार से अधिक महिलाओं को भिठाई पटाखे दिए और तेल वितरित किया गया कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दीपावली पर ज़रूरतमंदों को ख़ुशी देने से बड़ा परोपकार कोई नहीं है

मोहम्मद शमी ने तीन विकेट लिये जबकि उमेश यादव और शहबाद नदीम को दो दो विकेट मिले

कुछ समाचार संक्षेप में भोपाल में आज काम्पिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट सम्मेलन का आयोजन किया गया है

ट्रेन को वित्तमंत्री तरूण भनौत ने विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किया